श्री मोदी ने छात्रों से कहा हर विफलता से सीख लेनी चाहिए

अठाईस जनवरी को सुनायी जायेगी सजा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सब कुछ नहीं हैं इसलिए विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे

सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो मई कुछ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहरबान करके ऐसा मत करो विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सद्रपयोग के लिए टैक्नोलोजी को नियंत्रित रखना चाहिए साउंड बाईट प्राण तत्वों को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहत सुस्त हो जाएगी और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए लेकिन हम टेक्नोलाजी के गुलाम नहीं होने चाहिए लेकिन टेक्नोलाजी हर पल बदलती जा रही है आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है हर नई टेक्नोलाजी के प्रति आपकी रूचि होनी चाहिए जानना चाहिए समय निकाल करके ओरों को पुछना चाहिए क्या नई टेक्नोलाजी आई है इसकी भी रूचि विद्यार्थी काल में हममें डेवलप होनी चाहिए इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विदयार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए साउंड बाईट एक्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसते रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है

विद्यार्थी ऐसा नहीं है जीवनभर भीतर के विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है नया नया सीखना नया नया जानना नया नया पहचानना प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का सीधा मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि विफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढा जा सकता है

हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गये इसका मतलब ये है आप सफलता की ओर चल पड़े हैं अगर वहीं रूक गये फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दें आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो ये खुद तय करो प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर प्रस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी कार्यक्रम के बाद छात्र छात्राओं ने इस संवाद कार्यक्रम को अत्यंत लाभकारी बताया है

क्या करूगी इतने सारे क्योश्चन थे बट आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और अब मैं बहुत रिलेक्स फील कर रही हूं

मुझे आज प्राईम मिनिस्टर को प्रश्न करने का मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगा

और मुझे बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला है

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत ने आज मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित उन्नीस आरोपियों को दोषी ठहराया है इन सभी को आश्रयगृह की कई नाबालिग लड़कियों के शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया है बृजेश ठाकुर इस आश्रयगृह का संचालक था सभी दोषियों को सजा के बिन्दु पर अठाईस जनवरी को बहस के बाद फैसला सुनाया जायेगा वहीं एक आरोपी विक्की को आरोप मुक्त कर दिया गया है गौरतलब है कि पिछले साल तीस मार्च को ब्रजेश ठाकुर सहित बीस आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गये थे दोषी ठहराये गये सभी अभियुक्त फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को आज सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जे पी नड्डा को पिछले वर्ष ज़ुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री नड़डा को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दीं श्री मोदी ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा रुकने वाली नहीं है और उन राज्यों में भी पहुंचेगी जहां अभी सत्ता में नहीं है केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है श्री पासवान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी को लेकर स्पष्ट किया कि इसका संबंध केवल असम से है और देश के अन्य राज्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है श्री पासवान ने राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर के विरोध को भी बेबुनियाद बताया उन्होंने कहा कि यह विकास योजनाओं के निर्माण के लिये डाटा एकत्र करने की एक सामान्य प्रक्रिया है तेज पछ्आ हवा और कई स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के बाद राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पूर्णिया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव चार दरभंगा का नौ दशमलव छह और पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग पटना ने अपने प्रर्वान्मान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों में ठंड से राहत मिलने मिलने की संभावना नहीं है वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय ध्रंध और कोहरा रहेगा और दिन निकलने के साथ आकाश में बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी भी हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप के सबको साथ लेकर चलने और सबका सम्मान करने के सिद्धांत से लोगों को प्रेरणा लेने की अपील की है श्री कुमार ने आज पटना में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब को भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए समाज में टकराव के माहौल को समाप्त करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं को महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के तहत आज खेले गये पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने थाईलैंड को दो विकेट से पराजित कर दिया वहीं दूसरे मुकाबले में इंडिया बी ने इंडिया ए को सात विकेट से हरा दिया दरभंगा जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार दोषियों को बीस बीस वर्ष कठोर कारावास के साथ ही एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना अंतर्गत सिनेमा चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े जीवन बीमा कार्यालय से बारह लाख रूपये लूट लिये लुटेरों ने विरोध करने पर शाखा प्रबंधक सहित कई कर्मियों और ग्राहकों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और सुरक्षा कर्मी की रायफल भी छीन ली इधर पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आठ अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिला मूख्यालय बेतिया के गांधी नगर चौक से पूलिस ने फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया बगहा और नरकटियागंज रेल सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता प्राप्त की

श्री मोदी ने छात्रों से कहा हर विफलता से सीख लेनी चाहिए

अठाईस जनवरी को सुनायी ॅजायेगी सजा